केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अटारी बाधा सीमा से पाकिस्तान अफगानिस्तान और अन्य पड़ौसी देशों से व्यापार बढ़ाने को इच्छक है वे आज अमृतसर जिले में अटारी सीमा पर स्रक्षा बलों के लिये बनाये गये आवासीय परिसर का नीव पत्थर रखे जाने के मौके पर सम्बोधित कर रहे थे केन्द्रीय ग़हमंत्री ने कहा कि इस सीमा से पहले ही पड़ौसी देशों के साथ व्यापार चल रहा है और संगठित पड़ताल चौकी बनने के बाद तीनो देशों के मध्यम व्यापार में बढ़ोतरी हुई है उन्होंने कहा कि सीमा पर सीमा स्रक्षा बल व अन्य स्रक्षा एजेंसियां मुस्तैदी से अपना कर्तव्य निभा रही है उन्होंने कहा िक देश के अन्य हिस्सों में भी संगठित चौकीयां बनाई जा रही है और वहां भी ऐसे आवासीय परिसर बनाये जायेंगे केन्द्रीय मंत्री ने इस मौके पर सीमा पर बनी नई दर्शक गैलरी को भी देशवासियों को समर्पित किया और संय्क्त पड़ताल चौकी पर अन्य सुविधाओं का उदघाटन भी किया

ये प्रस्कार दो वर्गो बाल शक्ति प्रस्कार और बाल कल्याण प्रस्कार में दिए गए

इस अवसर पर श्री मोदी ने विदेशों मे रह रहे भारतीय स्टार्टअप स्टैंडअप और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा कर भारत के विकास में अपना सहयोग दे सकते है उन्होंने कहा कि सरकार ने पासपोर्ट सेवा के क्षेत्र में क्छ नई स्विधायें श्रू की है और अब ई वीज़ा देने की भी योजना है प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना भी श्रू करने जा रही है इससेक पहले विदेश मामले मंत्री स्षमा स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की छवि एक मजबूत राष्ट्र के रूप में तेज़ी से उभरी है उन्होंनें प्रवासी भारतीय दिवस श्रू करने के लिये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी स्मरण किया सम्मेलन के मुख्य अतिथि मारिशस के प्रधानमंत्री प्रविदं जगन्नाथ ने अपना भाषण हिन्दी में श्रू करते हये कहा कि ये सम्मेलन दुनिया भर में भारतवासियों के लिये सबसे महत्वपुर्ण समागम है इस अवसर पर विदेश राज्य मंत्री वी के सिंह उत्तरप्रदेश के म्ख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ और उतराखंड व हरियाणा के म्ख्यमंत्री भी उपस्थित थे

भाग लेने वाले प्रतिभागियों का चयन सीआरपीएफ और बीएसएफ नेहरू युवा केन्द्र द्वारा किया गया है

एक सकरारी प्रवक्ता ने ये जानकारी देते हये चंडीगढ़ में बताया कि अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि जींद के मतदाता चाहे वो राज्य सरकार के कारखानों दुकानों और व्यापरिक अदारों में जींद से बाहर कार्यरत है उन्हें ये छ्ट्टी वेतन समेत मिलेगी पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में कल से लगभग सभी स्थानों पर बारिश होने से दिन के तापमान में गिरावट आई है जबकि रात के तापमान में कोई बड़ा बदलाव दर्ज नहीं किया गया हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के अन्सार पंजाब में अधिकतर स्थानों पर मध्यम जबकि हरियाणा में हल्की बारिश दर्ज की गई मौसम विभाग के अनुसार कल भी हरियाणा में कुछ स्थानों पर सामान्य वर्षा होने के संकेत है और उसके बाद भी कही कहीं वर्षा होने का अन्मान लगाया गया है

यम्नानगर से तेज़ हवाए चलने की खबर है वहां से हमारे संवाददाता ने बताया है कि तेज़ हवा से कुछ इलाकों में गेहं व सरसों की फसल जमीन पर गिर गई है हिमाचल प्रदेश उत्तरांखंड व जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है हमारे संवाददाता ने बताया कि कई जगह अत्याधिक बर्फबारी के चेतावनी भी दी गई है इसलिये पर्यटकों को सैर पर जाने से पहले मौसम की जानकारी लेने की सलाह दी गई है कृषि वैज्ञानिकों ने क्ल मिलाकार इस बारिश को अच्छा बताया है साथ ही तेज़ हवाओं से फैलने वाली फसली बीमारियों से सावधान भी किया है

प्रशिक्षण में दाखिले के लिये योग्यता व उम्र की कोई सीमा नहीं होगी प्रशिक्षण के उपरान्त जिला प्रशासन द्वारा इन महिलाओं को रोज़गार दिलाने के अवसर प्रदान करवाये जायेंगे उपाय्क्त अशोक कुमार शर्मा ने इस संदर्भ में बताया कि इन कौशल विकास केन्द्रों के साथ साथ वाचनालय भी खोले जायेगे जिनमें अखबार व मैगज़ीन की सुविधा होगी ताकि खाली समय में लोग पढ़ सके इसके लिये सभी औपचारिकताएं प्री कर ली गई है उन्होंने बताया कि ये कौशल विकास केन्द्र बाल कल्याण परिषद की देख रेख मे काम करेंगे

सरकार यम्नानगर जिले के छछरौली इलाके में स्थित बत संतौर हाथी पूर्नवास केन्द्र को पर्यटन केन्द्र के तौर पर विकसित करेगी व्नय प्रणाली विभाग के एक अधिकारी ने यमुनानगर मे बताया कि जल्द ही यहां पर आने वालों के लिए टिकट श्रू की जायेगी उन्होंने बताया कि इस केन्द्र में अभी तक तीन हाथी है यहां पर अब चार और हाथी लाने की योजना पर काम चल रहा है

डा ग्लाटी ने कहा कि इससे विभाग व सरकार के पास प्रदेश के सभी पश्ओं का विवरण उपलब्ध होगा जिससे पश्पालकों के लिये बेहतर योजनाये बनाई जा सकेगी और पश्ओं के स्वास्थ्य व टीकाकरण आदि का कार्य भी सुनियोजित ांग से करवाया जा सकेगा